प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी भागीदारी विश्व में शांति और स्थिरता के लिए उपयोगी है

हमारी पार्टनर्शिप विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी उपयोगी है यह वास्तविकता आज की वैश्विक स्थिति में और भी स्पष्ट हो गयी है हम दोनों ही डेमाक्रेसी प्लुरलिजम इंक्लुसिवीटी रिस्पेक्ट फॉर इन्टर्नैशनल इंस्टीटूशन्स मल्टीलट्रेलिज्म फ्रीडम ट्रैन्स्पेरन्सी जैसी यूनिवर्सल वैल्यूज शेयर करते हैं

श्री मोदी ने यूरोप को भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढाने के प्रयासों में निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए आमंत्रित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य भाषण देंगे श्री मोदी के साथ साथ नावे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरश भी उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे इस उच्च स्तरीय सत्र में सरकार निजी क्षेत्र सिविल सोसाइटी और बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं

इस अवसर पर उन्होंने परिवहन निगम की बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

आज जिन नवनिर्मित बस स्टेशनों का लोकार्पण किया गया उनमें नैमिषारण्य सीतापुर चित्रकूट रूधौली बस्ती मनकापुर गोण्डा डिवाई बुलन्दशहर शामिल है वहीं गुरसागंज कन्नौज जालौन काठ मुरादाबाद डिबियापुर औरैया अलीगंज एटा चायल कौशाम्बी और बदलापुर जौनपुर जनपद में बस स्टेशन का शिलान्यास किया गया गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिये अपेक्षित उपाय करें सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भलीभांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी राष्ट्रीय केडेट कोर एनसीसी के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हुए गृह मंत्रालय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों के पदों पर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे चुका है मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदशों से कहा है कि वे इसी व्यवस्था पर एनसीसी सदस्यों को वरीयता प्रदान करें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

प्लाजमा आधारित डी एन ए टीका जाइकोव डी का नमूना तैयार करने और इसे विकसित करने का काम जाइडस कैडिला ने किया है इसमें प्रौद्योगिकी विभाग ने आंशिक रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है भारत बायाटेक द्वारा विकसित टोके को वैक्सीन के बाद ये दूसरा टीका है जिसके प्रयोग की अनुमति केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संस्थान द्वारा दी गई है

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जाइडस कैडिला कपंनी के अहमदाबाद स्थित वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा ये टीका विकसित किया गया है

अब यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं नये पाठ्यक्रम के अनुसार चलेंगी उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ जल्द ही कक्षा पाठ्यक्रम और अध्यायों के अनुसार महीने वार वार्षिक शैक्षिक कलेन्डर तैयार करेंगे

पाठ्यक्रम के एकभाग में वे सामग्री होगी जो ऑनलाइन या दूरदर्शन की सहायता दिखाई जायेगी पाठ्यक्रम का दूसरा भाग उन अंशों का होगा जिन्हें छात्र स्वयं अध्ययन के माध्यम से कवर कर सकते हैं और अंतिम और तीसरा भाग वह सामग्री होंगी जिसे परियोजना कार्य में शामिल किया जा सकता है राज्य सरकार ने उन विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रक्रिया को पूरा करने क लिये दिशा निर्देश भी जारी किये हैं जहां कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन के कारण आयोजित नहीं की गई थी शामली जनपद में गांव लिसाढ़ निवासी बुजुर्ग जयपाल सिंह आर्य ने ऑनलाइन योग प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर शामली का नाम रोशन किया है

जिनमें ज्यूरी ने प्रथम पुरस्कार के लिये शामली के लिसाढ़ निवासी राजपाल सिंह आर्य का चयन किया

नैतिक शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा हस्तकला योगासन प्रणायाम यह सब मैं बच्चों को निःस्वार्थ सेवा दे रहा हूं

हमने जो भ्रमण कर रखा था उसके बारे में हो हम करते है उसकी जानकारी जो हमारी उपलब्धियां है जानकारी दी और उसमें हमारा नम्बर जो है फर्स्ट आ गया है